हज यात्रा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि दस जनवरी तक बढ़ाई गई

कृषि महाविद्यालय चेरवापारा परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बैंकुठपुर स्थित कृषि कॉलेज को राज्य के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव के नाम पर किए जाने की घोषणा की वहीं नागप्र ग्राम पंचायत में शासकीय महाविद्यालय और चिरमिरी में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने का भी ऐलान किया इसके अलावा श्री बघेल ने गेजबांध के पास कृषि महाविद्यालय भवन बसवाही में नवीन ग्राम पंचायत भवन सह पीडीएस भवन बैकंठपुर में पॉलीटेक्निक भवन और चिरमिरी में शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल भवन का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने पंद्रह सड़कों बैकुंठपुर में बनने वाली वायरोलॉजी लैब और बुधरा नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया श्री बघेल ने जिले के घुघरा और पुसला में मल्टीयूटिलिटी सेंटर का लोकार्पण किया अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्व है इसके लिए न केवल राज्य में नये पंचायतों का गठन किया जा रहा है बल्कि पंचायत भवनों का निर्माण भी कराया जा रहा है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी उपस्थित थे

साथ ही केन्द्र को नये प्रस्ताव भी भेजे गए हैं

पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पिछले दिनों हुई बैठक में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा हुई थी श्री बघेल ने उस चर्चा के आधार पर राज्य सरकार के लंबित प्रस्तावों के साथ ही नये प्रस्तावों को भी जल्द से जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता योजना को निरंतर जारी रखने का अनुरोध किया है साथ ही सड़क संचार सिंचाई सुविधा सुरक्षा व्यवस्था और बिजली नेटवर्क के विस्तार के लिए सहयोग मांगा गया है वहीं स्टील संयंत्रों की स्थापना के लिए समय सीमा के भीतर भूमि डायवर्शन और लघ् वनोपजों की सुचारू खरीदी के लिए प्रतिपूर्ति का आग्रह भी किया गया है

इस उपलक्ष्य में राज्य मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य प्रेसवार्ता आयोजित कर सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं आदिम जाति कल्याण मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राज्य की जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की जल्द ही रिहाई की जाएगी इसके लिए कानूनी प्रक्रिया जारी है वहीं उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है उन्होंने बताया कि जाति प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका सत्यापन कराना होगा एक अन्य प्रश्न के उत्तर में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की परिस्थितियां जब तक सामान्य नहीं होंगी तब तक राज्य में स्कूल नहीं खोले जाएंगे उन्होंने कहा कि इस संबंध में बच्चों के अभिभावकों की भी सहमति ली जाएगी दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा नई दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन दिए जाने के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को समर्थन देने वाली कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भी यह देखना चाहिए कि यहां अब तक समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है उन्होंने आरोप लगाया कि मंडियो में किसानों का शोषण हो रहा है श्री कौशिक ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के आपसी अंतर्कलह की वजह से प्रदेश में विकास कार्य रूके हुए हैं न्यायाधीश पदस्थापना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की नई पदस्थापना सुची जारी की है इसके अनुसार राज्य सहकारी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जगदम्बा राय को जांजगीर चांपा का जिला और सत्र न्यायाधीश बनाया गया है वहीं उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार अरविंद कुमार वर्मा को बिलासपुर का जिला और सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है इसी तरह न्यायमूर्ति राजेश कुमार श्रीवास्तव द्र्ग और अरविंद कुमार सिन्हा मुंगेली के नये जिला और सत्र न्यायाधीश होंगे वहीं न्यायमूर्ति नीता यादव को कवर्धा की जिम्मेदारी दी गई है इसके अलावा न्यायमूर्ति पंकज कुमार सिन्हा को बेमेतरा का अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश बनाया गया है किसान मौत जांच राजनांदगांव जिले के घुमका धान खरीदी केन्द्र में दो दिन पहले हुई एक किसान की मौत के मामले की प्रशासनिक जांच पूरी कर ली गई है एसडीएम मुकेश रावटे ने इस मामले की जांच की प्रशासन ने दावा किया है कि किसान की मृत्यु का कारण खराब स्वास्थ्य था एसडीएम ने जांच प्रतिवेदन में मृतक के पुत्र और सहायक समिति प्रबंधक के हवाले से बताया है कि किसान की तबीयत ठीक नहीं थी जिसके कारण वह बेहोश हो गया था और उसकी मौत हो गई दूसरी ओर राजनांदगांव जिला किसान संघ ने किसान की मौत के मामले में जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है इसमें मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के साथ पचास लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है साथ ही किसान की मौत के लिए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है किसान संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से सभी केन्द्रों में धान खरीदी के लिए सुचारू व्यवस्था किए जाने की मांग की है इस बीच दुर्ग के संभाग आयुक्त टीसी महावर ने आज राजनांदगांव जिले के अंजोरा धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया उन्होंने खरीदी केन्द्र में धान की तौलाई कांटा बाट और किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया श्री महावर ने अधिकारियों को खरीदी कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए जकांछ प्रेसवार्ता वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश में धान खरीदी शराबबंदी नियमितीकरण और रोजगार के मुद्दों को लेकर आज से चरणबद्द आंदोलन की शुरूआत की गई है यह जानकारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आज रायपुर में आयोजित एक प्रेसवार्ता में दी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को अमल में नहीं लाया और किसानों तथा प्रदेशवासियों के साथ वादाखिलाफी की गई राज्य सरकार को उनके वायदे याद दिलाने के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक हफ्ते तक अभियान चलाकर धरना प्रदर्शन करेगी इसके तहत धान सत्याग्रह कर किसानों की पूरी फसल खरीदने बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता बिचौलियों से मुक्ति और ढाई हजार रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की मांग की जाएगी

इस बार पक्षकार वर्चुअल या भौतिक रूप से उपस्थित होकर राजीनामा से मामलों का निराकरण करा सकेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति प्रशांत क्मार मिश्रा के मार्गदर्शन में इस लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा इस अदालत में बैंक विद्युत श्रम वैवाहिक और मोटर दुर्घटना दावा सहित समझौता योग्य मामलों का निराकरण किया जाएगा इस लोक अदालत के लिए रायपुर जिला न्यायालय में बत्तीस खंडपीठ बनाई गई है जो लगभग ग्यारह सौ प्रकरणों की सुनवाई करेंगी इस संबंध में और अधिक जानकारी न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है हज आवेदन तिथि हज यात्रा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि दस जनवरी तक बढ़ा दी गई है अगले वर्ष जून और जुलाई महीने के दौरान हज यात्रा होनी है राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने बताया कि ऑनलाइन हज आवेदन कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है साथ ही राज्य के अड़तीस च्वाईस सेंटरों में भी निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा दी गई है राज्य के प्रत्येक हज यात्री को यात्रा पर करीब तीन लाख उनतीस हजार रूपये खर्च करने होंगे महिला आयोग सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने महिलाओं को झूठे मामले दर्ज कराने से बचने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि कानूनों का दुरूपयोग करने पर उनका लाभ नहीं मिल पाता है यह बात डॉक्टर नायक ने बिलासपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान कही सुनवाई के लिए बीस प्रकरण रखे गए थे जिनमें से सात मामलों का निराकरण मौके पर ही किया गया घासीदास जयंती बाबा गुरू घासीदास की जयंती को राज्य में मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस मौके पर अट्ठारह दिसंबर को प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि इस अवसर पर मद्यपान निषेध के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा इसी तरह राजनांदगांव जिले में भी मद्यपान निषेध दिवस के मौके पर नशा मुक्ति प्रदर्शनी लगाई जाएगी और जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा इस बीच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने जिले के नरमदा गांव में नवीन जैतखाम का लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि बाबा गुरू घासीदास द्वारा दिए गए मनखे मनखे एक समान का संदेश आज भी प्रासंगिक है कोरोना समाचार जागरूकता प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा ढाई लाख को पार कर गया है वहीं कल कोरोना संक्रमण के पंद्रह सौ अट्ठारह नये मरीज मिले हैं कल चौदह लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है राज्य में वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव उन्नीस हजार तीन सौ छियालीस लोगों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है इस बीच छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार सतीश जायसवाल ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

यह बात श्री लखमा ने बालोद जिले के राजाराव पठार में शहीद वीरनारायण सिंह की शहादत दिवस के मौके पर आयोजित वीर मेला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि सर्व आदिवासी समाज को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की जरूरत है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की तेरहवीं कड़ी का प्रसारण रविवार तेरह दिसंबर को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार दो वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफ एम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा वर्चुअल मैराथन छत्तीसगढ़ में पहली बार तेरह दिसंबर को वर्च्यअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा प्रतिभागियों के उत्साह को देखते हुए पंजीयन तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी गई है इससे पहले पंजीयन की अंतिम तिथि दस दिसंबर थी इस दौड़ में शामिल होने के लिए करीब संतावन हजार प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है राज्य में प्रत्येक जिले में पहले तीन सौ से पांच सौ तक पंजीयन कराने वाले प्रतिभागियों को टी शर्ट प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा मैराथन के दौरान कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिभागी किसी भी स्थान पर समूह में एकत्रित नहीं होंगे प्रतिभागी घर पार्क मैदान सड़क या किसी अन्य सुरिक्षत स्थान पर सोशल डिस्टिंसिंग का पालन कर दौड़ते हुए अपनी बीस से तीस सेकेंड का वीडियो अथवा फोटो हैशटैग कर फेसबुक ट्वीटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर तेरह दिसंबर को सुबह छह से ग्यारह बजे तक अपलोड कर सकते हैं संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की छत्तीसगढ़ शाखा के सचिव प्रदीप कुमार साहू ने सौजन्य भेंट की श्री साहू ने राज्यपाल को रेडक्रॉस सोसायटी की गतिविधियों से अवगत कराया भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने डौंडीलोहारा के पूर्व विधायक राजा लाल महेन्द्र टेकाम के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा जिले के विभिन्न गांवों में करीब पंद्रह करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा किए जा रहे चरणबद्व आंदोलन के तहत आज धमतरी के गौशाला मैदान के पास कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया इसी तरह बलरामपुर जिला मुख्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया गया राज्य ओपन स्कूल से हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए आगामी पांच जनवरी तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा शौर्य पुरस्कार के लिए इकतीस दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र में स्थित एक बॉक्साइड खदान से कथित रूप से अगवा किए गए तीन कर्मचारियों को अपहरणकर्ताओं ने करीब तेरह दिन बाद रिहा कर दिया है बीजापुर के माओवाद प्रभावित बासागुड़ा जगरगुंडा सड़क निर्माण कार्य में लगा एक हाईवा हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया